हरियाणा के म्ख्यमंत्री ने गावों में विलेज आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिये हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसूल करने वाले निजी अस्पतालों और बाहर से दवाई की पर्ची लिखने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी स्रक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे

कोवैक्सीन को भारत बायोटेक भातीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संगरोध केन्द्र तैयार करने व अन्य व्यवस्थाओं के लिए राशि जारी कर दी गई है

जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके लिए नोडल अधिकारी होंगे और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिककारी संगरोध केन्द्र स्थापित करने में उपाय्क्तों की सहायता करेंगे इसके अलावा विलेज आइसोलेशन सेंटर की स्थापना और पर्यवेक्षण के लिए ग्राम सचिवों की सेवायें ली जायेगी साथ ही इस उद्देश्य के लिए ग्राम स्तरीय स्वयंसेवकों की सेवाओं का भी यथाचित ढंग से उपयोग किया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लान ने कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु घर घर जाकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करने के लिए आठ जार टीमों का गठन किया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेंत्रों में पर्याप्त चिकित्सा स्विधायें उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने कहा कि गांवों में प्रत्येक टीम घर घर जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करेगी और कोविड के हलके लक्षण वाले मरीज़ों को घर मे ही एकांतवास में रखा जायेगा यदि किसी के घर पर जगह कम है तो उसे गांव में बनाये गये संगरोध केन्द्र में रखा जायेगा उन्होंने कहा कि इन टीमों को विशेष मेडिकल किट दी है जिसमें आवश्यक दवायें ऑक्सीमीटर थर्मामीटर और अन्य उपकरण है ये किट घरों में एकांतवास में रखे गये कोरोना मरीज़ों को वितरित की जायेगी

म्ख्यमंत्री ने आज प्रत्येक गांव को सैनेटाइज करवाने के निर्देश भी दिये है इसके लिए राशि जारी कर दी गई है और अधिकारियों को मलेरिया को ध्यान में रखते हये गांवों में फॉगिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसुल करने वाले किसी भी निजी अस्पताल को बख्शा नहीं जाएगा इसके अलावा अस्पताल में दवाई उपलब्ध होने के बावजूद बाहर से दवाई लाने के लिए पर्ची लिखने वाले सरकारी डाक्टरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी श्री विज आज गांव गांव कोरोना एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए आयोजित अधिकारियों की बैठक को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल एवं उपम्ख्यमंत्री श्री दृष्यंत चौटाला की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में क्छ मामले आएं हैं जहां पर निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित दर से अधिक पैसे वसूल किए जा रहे हैं उन्होंने कहा निजी अस्पतालों को चाहिए कि वे कोविड मरीजों का मानवता के नाते कम से कम पैसों में इलाज करें और जनहित में सहयोग करें

उन्होंने प्लिस अधिकारियों से सब्जी मण्डियों में उमडऩे वाली भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल यह डाटा अपडेट करें कि उनके यहां कितने मरीज शहरी ग्रामीण और अन्य प्रदेशो से हैं उन्होंने सभी सिविल सर्जन को जिलों में कोरोना जांच बढ़ाने और आरटी पीसीआर जांच की रिपोर्ट जल्द मिलने की व्यवस्था करने को भी कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईद व परश्राम जयंती के अवसर पर प्रदेश के लोगो को बधाई एवं शुभकामनायें दी है ईद व परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर आज चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद का पर्व रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति का प्रतीक है और यह सौहार्द भाईचारे और सदभावना का संदेश देता है

मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना वासरस क चलते दोनों उत्सव अपने घरों में ही रह कर और सामाजिक द्री के नियम का पालन करते हये मनाने की अपील की है

इस समय कोविशील्ड की दो ख्राके क बीच चार से आठ सप्ताह का अंतराल रखा जाता है हालांकि समूह ने कोवैक्सीन टीके की ख्राक के मध्य अंतराल कोई बदलाव नहीं किया है

हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत अभियान के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मक्का की बिजाई करने के लिए किसानों को निश्ल्क मशीन उपलब्ध करवाई जायेगी अम्बाला के सहायक कृषि अभियंता ओ पी महिवाल ने बताया कि सहायक कृषि अभियंता कार्यालय की मक्का बिजाई के लिए म्ख्यालय द्वारा मशीनें उपलब्ध करवाई गई है जिले का कोई भी किसान मक्का बिजाई के लिए कार्यालय ने यह मशीन प्राप्त कर सकता है